प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल ओडिशा के कटक में पहली खेलो इंडिया विश्वविद्यलय प्रतियोगिताओं का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने कहा कि इन खेलों के आयोजन से नया इतिहास बना है और भारत विश्वविद्यालय खेल आयोजित करने वाले देशों में शामिल हो गया है उन्होंने कहा कि आज सिर्फ प्रतियोगिताओं का शुभारंभ ही नहीं हो रहा है बल्कि देश मे खेल कृद के क्षेत्र में नये अध्याय की शुरुआत भी हो रही है प्रधानमंत्री ने तीन साल पहले शुरू हए खेलो इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि आज इसमें भाग लेने वालों की संख्या दुगनी हो गयी है गांवों तथा कस्बों की प्रतिभाएं इसमें हिस्सा लेकर देश का नाम रौशन कर रही हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय खेलों से देश के प्रदर्शन में सुधार लाने में मदद मिलेगी इस अवसर पर केन्द्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजु ने खेलों इंडिया प्रतियोगिता को अब तक के सर्वश्रेष्ठ खेलो की संज्ञा दी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा शिक्षा पानी बिजली सड़क और अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्वता से काम करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है इसके लिए योजनाबद्व तरीके से काम किया जायेगा

सिमडेगा जिले में मजदूरों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने और रोजगार उपलब्ध किये जाने को लेकर सरकार द्वारा मनरेगा के तहत कार्य किये जा रहे हैं

इस कार्यक्रम का आकाशवाणी तथा द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यू टयूब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसका आकाशवाणी से प्रार्दशिक भाषाओं में प्रसारण होगा प्रादेशिक भाषाओं में रात आठ बजे इसे दोबारा सुना जा सकता है मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा ने देश में नोवेल कॉरोना वायरस के रोकथाम के लिए की गयी कार्रवाई और इस संबंध में राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल नई दिल्ली में समीक्षा बैठक आयोजित की नागरिकों को सलाह दी गयी है कि अगर बहुत जरूरी न हो तो वे सिंगापुर की यात्रा न करें

उपराजधानी दुमका में बिहार एसटीएफ और दुमका पुलिस के संयुक्त प्रयास से इनामी नक्सली सिद्दो कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है सिद्दो कोड़ा की बिहार के कई कांडो में संलिप्तता रही है जामताड़ा जिले के सरकारी अस्पतालों में अब दवा की कमी नहीं रहेगी और जल्द ही सदर अस्पताल में अल्ट्रा सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी

संघ के अध्यक्ष और केन्द्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुण्डा ने कहा है कि देषभर में सात सौ से अधिक एकलब्य मॉडल अवासीय विद्यालय खोले जाएंगे जिसमें तीरंदाजी का प्रषिक्षण दिया जायेगा बैठक में तीरंदाजी महाकृंभ के आयोजन की भी घोषणा की गयी इसमें दस हजार से अधिक तीरंदाजों को जोडा जायेगा फिट इंडिया रन ओ थान का आयोजन आज सुबह पांच बजे से राजधानी के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में किया गया खेलकूद एवं युवा कार्य निदेषालय झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएषन और राउंड टेबल इंडिया के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों को अलावा आम लोगों ने भी पंजीयन करवाया है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में पांच किलोमीटर दस किलोमीटर और इक्कीस किलोमीटर की प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई है

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हरिमोहन मंडल मसकलैया चौक से अपने घर की ओर जा रहा था इस बीच तेज गति से आ रही पिकअप वैन ने उन्हें जोरदार धक्का मार दिया जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है घटना के विरोध में परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्य सड़क जाम कर दिया

इसकी शुरूआत कोल्हान प्रमंडल के चाईबासा से होगी